दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंदौर की महापौर मालिनी गौड नेता प्रतिपक्ष फौजिया अलीम और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया

वहीं भोपाल के लिए भी यह हैट्रिक है

मप्र के शहरी विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने इंदौर भोपाल और उज्जैन के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ यह पुरस्कार प्राप्त किए

नवाचारों और बेस्ट प्रेक्टिस में जबलपुर को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ

नवाचार प्रयासों की श्रेणी के लिए इंदौर और उज्जैन और कचरा मुक्त शहर के लिए भी इंदौर को पुरस्कृत किया गया इसके साथ ही शाहगंज नगर परिषद को पश्चिमी क्षेत्र में सबसे साफ नगर परिषद का सम्मान मिला है मझौले शहरों की श्रेणी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नगर निगम देवास और नगरपालिका नागदा को सम्मानित किया गया है कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में नागदा धार खरगोन कैमोर शाहगंज नगर परिषदों को सम्मानित किया गया इनके अलावा उज्जैन देवास सिंगरौली नगर निगम को भी स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया कार्यकम में शामिल होने के बाद प्रदेश को शहरी विकास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कहा है कि प्रदेश में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है उन्होंने सभी शहरों के नागरिकों और स्वच्छता अभियान में लगे हुए अधिकारियों कर्मचारियों एवं सभी भागीदारों को बधाई दी है

श्री पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत उनयासी लाख मकानों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है

इस दौरान सुश्री भारती मुख्यमंत्री से केन बेतवा लिंक परियोजना पर बातचीत करेंगी गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी उस समय तीस परियोजनाएं शुरू की गई थी केन बेतवा लिंक परियोजना भी उन्हीं में से एक है प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जल बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ सहमति नहीं बनने से यह योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी

पहले चरण में छतरपुर जिले के गंगऊ डेम से ढाई किलोमीटर ऊपर नया शोधन डेम बनाया जायेगा

इससे पहले मुख्यमंत्री शहडोल में आयोजित किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए

देश के नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे श्री मांडविया ने बताया कि इस वक्त देश के साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं इन औषधि केन्द्रों पर बाजार से बीस से पच्चीस प्रतिशत कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं

उन्होंने कहा कि जन औषधि केन्द्रों से प्रतिदिन दस से पन्द्रह लाख लोगों को फायदा हो रहा है

महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समारोह का शुभारंभ करेंगे ग्वालियर के राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान परिसर में इस समारोह में कविता कहानी कला शिविर परिचर्चाएँ लोक गायन फिल्म प्रदर्शन नृत्य एवं नाटकों का मंथन किया जायेगा मानधन योजना टीकमगढ में कल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के गरीब झाड़् पौंछा करने वाले कपडे धोने वाले ठेला चलाने वाले बर्तन मांजने वाले बोझ उठाने वाले आदि श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू की गई है

मौसम हवाओं का रूख बदलने से एक बार फिर भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम के तेवर फिर ठंडे पड़ गये है हालांकि दिन में अभी भी तेज ध्रप की वजह से गर्मी महसूस की जा रही है